बदारन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के कारण प्रभावित हुई आर्थिक व विकास गतिविधियों को शुरू करने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त मेले आयोजित करेंगे राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है घूमारवीं में जनसमस्याएं सुनने के बाद अधिकांश का मौके पर निपटारा कर उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए राजेन्द्र गर्ग ने कहा कि सरकार ने जनता की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हैल्पलाइन शुरू की है राकेश पठानिया वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि भेड़पालकों को सुरक्षा के उददेश्य से जीपीआरएस कवर प्रदान किया जाएगा ताकि किसी भी संकट के समय उनकी हरसंभव मेदद की जा सके वे आज नूरपुर क्षेत्र के चिनवा में जनजातीय भवन की आधारशिला रखने के बाद बोल रहे थे उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने से जनजातीय वर्ग के लोगों खासकर गददी समुदाय को काफी लाभ भिलेगा इस अवसर पर प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने इस भवन के निर्मोण कार्य में रूचि दिखाने के लिए राज्य सरकार और बन मंत्री का आभार व्यक्त किया

उल्लेखनीय है कि कल शाम ये मार्ग क्यारीबंगला के समीप सड़क दरकने के कारण अवरूद्व हो गया था

ये वाहन उधमपुर से श्रीनगर जा रहा था

सैनिक कल्याण बोर्ड के उपनिदेशक मेजर दीपक धवन ने बताया कि हवलदार सुरेश कुमार की पार्थिव देह कल उनके पैतुक गांव पहुंचेगी गणेशदत्त वरिष्ठ भाजपा नेता व हिमफेड के अध्यक्ष गणेशदत्त ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर कृषि बिल के विरोध को लेकर भ्रांतियां फैलाने का आरोप लगाया है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि कृषि सुधार बिल किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लाया गया है गणेशदत्त ने विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने प्रदेश में बंद पड़े लघु उद्योग सहित अन्य व्यवसाय को प्रनर्जीवित करने के लिए केन्द्र ँसे विशेष आर्थिक पैकेज लाने की राज्य सरकार से मांग की है

राठौर ने कहा कि कोरोना के चलते प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हैं और लोगों को अन्य बीमारियों का कोई उपयुक्त ईलाज नहीं मिल रहा है उन्होंने आम लोगों को राहत देने के लिए सभी प्रकार के टैक्स माफ करने की सरकार से मांग की है